नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संघ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं

व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी समेत देश भर में बाजार खूले रहेंगे और परिवहन सेवा जारी रहेगी इन दोनों संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि व्यापारी और ट्रांसपोर्टर भारत बंद में शाभिल नहीं होंगे

उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में अधिकतम दाम पर बेंचने की स्वतंत्रता भिली है उधर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कृषि सुधार कानूनों को किसानों के लिए हितकारी बताया

वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी का आयोजन द्रसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है

इस बार आईएमसी का विषय है समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित और स्थायी इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत डिजिटल समावेश और स्थाई विकास उद्यभिता और नवाचार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी दूरसंचार और वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सैल्यूलर एवं इंटरनेट क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ भाग लेंगे

श्री वर्मा ने लोगों से दो गज की दूरी का पालन करने समय समय पर हाथ धोने और मास्क पहनने सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है

हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर के बाद अपने टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाला तीसरी कम्पनी है भारत बायोटेक स्वदेशी तौर पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कोवैक्सीन विकसित कर रही है और अभी यह परीक्षण के तीसरे चरण में है

किसी दवा के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति तभी दी जाती है जब इस बात के पर्याप्त प्रमाण हों कि वह इलाज के लिए सुरक्षित और प्रभावी है अंतिम मंजूरी परीक्षणों के पूरा होने और सम्पूर्ण आंकडों के विश्लेषण के बाद ही दी जाती है अमरीकी दवा निर्माता कम्पनी फाइजर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी कोविशील्ड की मंजूरी के लिए आवेदन कर रखा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह प्ररी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई कोरोना के टीके की प्रतीक्षा कर रहा है और यह प्रतीक्षा बहुत लंबी नहीं होगी उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से संबंधित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा प्रधानमंत्री ने मेट्रो सेवाओं के आर्थिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार अब स्थानीय पर्यटन पर विशेष ध्यान देगी

प्रदेश यूनेस्को यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल किया है